पर्यावरण परिवर्तन और ध्वनि प्रदूषण के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए विशेष अभियान चलाएगी प्रदेश सरकार

मुख्यमंत्री आज शिमला में नाबार्ड के अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे उन्होंने कहा कि आबंटन में वृद्धि से राज्य को ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि संबंधी अधोसंरचना सृजित करने के साथ साथ इन क्षेत्रों में सड़क नेटवर्क में सुधार में सहायता मिलेगी उन्होंने ये भी कहा कि स्वीकृति की शक्तियां नाबार्ड के क्षेत्रीय कार्यालय को मिलनी चाहिए ताकि ग्रामीण अधोसंरचना विकास निधि के तहत मंजूरियों और कार्यान्वयन प्रकिया में तेजी आ सके नाबार्ड के अध्यक्ष डॉक्टर हर्ष कुमार भनवाला ने इस मौके पर कहा कि नाबार्ड हिमाचल को विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं के लिए उदारतापूर्वक आर्थिक सहायता प्रदान कर रहा है सुरेश भारद्वाज शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा है कि निर्णय लेते समय युवा सोशल मीडिया पर निर्भर न रहे उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया के कई लाभ है लेकिन इसका उपयोग करते हुए कुछ सावधानियां भी आवश्यक है

शिक्षा मंत्री ने युवाओं का आहवान किया कि वे अपनी पहचान और विशिष्टता बनाए रखे मुख्य सचिव मुख्य सचिव अनिल कुमार खाची ने कहा है कि प्रदेश सरकार पर्यावरण परिवर्तन और ध्वनि प्रद्षण के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए विशेष अभियान चलाएगी मुख्य सचिव आज शिमला में जलवायु परिवर्तन पर क्षमताओं को संस्थागत बनाने के लिए क्षेत्रीय प्रशिक्षण कार्यशाला के उदघाटन अवसर पर बोल रहे थे इस कार्यशाला का आयोजन पर्यावरण विज्ञान व प्रौद्योगिकी विभाग और पर्यावरण व मंत्रालय जेआईजे द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है मुख्य सचिव ने कहा किा विकास मॉडल ऐसा होना चाहिए जो प्राकृतिक धरोहर को संतुलित करे और विकास की आशाएं भी पूरी हो शिवरात्रि शिवरात्रि का त्योहार कल प्रदेशभर में धूमधाम से मनाया जाएगा राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेशवासियों को शिवरात्रि की शुभकामनाएं दी है राज्यपाल ने अपने संदेश में कहा है कि हिमाचल को देवभूमि के नाम से जाना जाता है और शिवरात्रि प्रदेश में मनाया जाने वाला महत्वपूर्ण पर्व है उन्होंने आशा जताई कि यह पर्व लोगों के जीवन में शांति और प्रसन्नता लाएगा मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि ये त्योहार आपसी भाईचारे को सुदृढ़ कर प्रदेश के लोगों के जीवन में नई उमंग और उत्साह का सृजन करेगा पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने अपने संदेश में उम्मीद जताई है कि भगवान शिव सभी की मनोकामना पूरी करेंगे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर विधायक विक्रमादित्य सिंह और पूर्व सांसद प्रतिभा सिंह ने भी प्रदेशवासियों को शिवरात्रि की शुभकामनाएं दी है वन मंत्री वन मंत्री गोविंद ठाक्र ने कहा है कि राज्य सरकार के लिए जनहित सर्वोपरि है गोविंद ठाक्र आज धर्मशाला और पालमपुर विधानसभा क्षेत्रों में विभिन्न स्थानों पर योजना क्षेत्र और विशेष क्षेत्र में शामिल ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधियों और आम नागरिकों के लिए आयोजित जनसुनवाई के दौरान बोल रहे थे गोविंद ठाकुर टीसीपी सब कमेटी के सदस्य है उन्होंने कहा कि ये कमेटी जनभावनाओं को ध्यान में रखकर अपनी सिफारिशें देगी उन्होंने कहा कि हरसंभव मदद देने और टीसीपी से जुड़ी जन समस्याओं का समाधान करने के लिए निर्णायक प्रयास किए जा रहे हैं वीरेन्द्र कंवर ग्रामीण विकास व पंचायतीराज मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने कहा है कि प्रदेश सरकार किसानों के उत्थान व कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और इसके लिए सरकार ने अनेक योजनाएं चलाई हैं उन्होंने कहा कि सरकार ने किसानों की मांग पर बाड़बंदी योजना में भी बदलाव किया है और अब कांटेदार तार तथा चैनललिंक बाड़बंदी के लिए भी अनुदान दिया जा रहा है वीरेन्द्र कंवर ने आज ऊना में कहा कि कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र डीहर नाला और चपलाह में दो चैक डैम का निर्माण किया जाएगा इन चैक डैम के बनने से लगभग एक सौ हैक्टेयर भूमि में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी

वीरेन्द्र कंवर ने आज कुटलैहड़ के बनौड़ महादेव मंदिर में जनसमस्याएं भी सुनी उड़ान लाहौल घाटी के लिए कल हैलीकॉप्टर की एक उड़ान भुंतर तिंगरिट भुंतर के बीच भरी जाएगी

रोहतांग सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मनाली लेह मार्ग की बहाली का कार्य सीमा सड़क संगठन ने आज मनाली के निकट राहला फॉल में पूजा अर्चना कर विधिवत रूप से आरंभ कर दिया इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए बीआरओ दीपक परियोजना के चीफ इंजीनियर ब्रिगेडियर एमएस बाघी ने कहा कि इस वर्ष कम हिमपात हुआ है ऐसे में यदि परिस्थितियां ठीक रही तो पिछले वर्ष की तुलना में इस साल रोहतांग दर्रे को एक महीना पहले वाहनों की आवाजाही के लिए खोल दिया जाएगा उन्होंने इस मौके पर संगठन के जवानों का भी हौसला बढ़ाया कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने कहा है कि लोगों की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाना विपक्ष का काम है इसलिए सभी कांग्रेसजनों को एकजुट होकर आगे आना होगा राठौर ने आज शिमला में पार्टी के नवनियुक्त ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्षों की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि बढ़ती महंगाई व बेरोजगारी आज बड़ी समस्याएं बन गई हैं उन्होंने नवनियुक्त ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्षों से अपने ब्लॉक और बूथ स्तर की कार्यकारिणी तुरंत गठित करने को भी कहा है मौसम प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में आज लगातार दूसरे दिन उंची चोटियों पर हिमपात हो रहा है जबकि राज्य के निचले क्षेत्रों में दिनभर बादल छाए रहे जिससे तापमान में कमी आई है

इसके चलते लोगों को कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ रहा है

एक भारत श्रेष्ठ भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान की आज की कड़ी में हम हिमाचल प्रदेश के जोड़ीदार राज्य केरल के खान पान के बारे में संक्षिप्त जानकारी दे रहे हैं हिमाचल के अलग अलग हिस्सों में जहां धाम में कई तरह के व्यंजन परोसे जाते हैं वहीं केरल की साध्या में भी विभिन्न प्रकार के व्यंजन शामिल होते हैं

पायसम केरल का सबसे पसंदीदा मीठा व्यंजन है हिमाचली धाम में भी भोजन पत्तलों में परोसा जाता है और इसमें भी खट्टा मीठा व नमकीन कई तरह के स्वाद मौजूद रहते हैं

निगम के निदेशक सिविल डीएसठाकुर ने आज शिमला में कहा कि इस परियोजना में इन दिनों जल भराव का कार्य प्रगति पर है